कर्मचारियों को यह स्विधा एक जनवरी दो हजार सोलह से प्राप्त होगी

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज रायपुर के माना कैम्प स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में नये आरक्षकों के दीक्षांत परेड समारोह में यह बात कही इस अवसर पर नौ महीने का कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पांच सौ छब्बीस आरक्षकों में से तीन सौ पैंतालीस महिला आरक्षकों ने पासिंग आउट परेड में हिंस्सा लिया मुख्यमंत्री ने सफल प्रशिक्षण के लिए इन महिला आरक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने और राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन करना चाहिए अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनसे कठोरता से निपटा जाएगा हमारी पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवान इसके लिए हमेशा तत्पर है मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नक्सल मोर्चे पर राज्य पुलिस बल पूरी बहाद्री के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और सरकार उनकी हर तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा सजग और सक्रिय रहेगी

इसलिए आवश्यकता के अनुसार उसे बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश के बराबर किया जाएगा इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य संचार सुविधा रिस्पांस भत्ता और पुलिस बल के लिए हर साल कुछ बुलेट प्रुफ जैकेट खरीदने जैसी घोषणाएं भी कीं हरियर छत्तीसगढ़ महाअभियान हरियर छत्तीसगढ़ महाअभियान के तहत इस वर्ष मानसून के दौरान प्रदेशभर में सात करोड़ पौधे लगाए जाएंगे आज रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में हरियर छत्तीसगढ़ वृक्षारोपण महाभियान के तहत आयोजित वन महोत्सव में स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों और नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वृक्षारोपण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण की रक्षा हम सबकी नैतिक जवाबदारी है पौधारोपण जैसे कार्यों से प्रकृति के प्रति जुड़ाव बढ़ता है और साथ ही पृथ्वी को बचाने के लिए हमारी भागीदारी और भूमिका भी बढ़ती है मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में कृ ष्णवट का पौधा लगाया जो औषधीय गुणों से परिपूर्ण है और जिसे मक्खन कटोरी के नाम से भी जाना जाता है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरियर छत्तीसगढ़ महाभियान की पट्टिका का अनावरण भी किया उन्होंने वृक्षारोपण के बाद विद्यार्थियों और नागरिकों को वृक्षारोपण पर्यावरण और वन्यप्राणी को सुरक्षित रखने और जनमानस में इनके प्रति चेतना जगाने की शपथ दिलाई कर्मचारी वेतनमान राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान देने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल बिलासपुर में मोबाइल तिहार के अवसर पर यह घोषणा की उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को यह सुविधा एक जनवरी दो हजार सोलह से प्राप्त होगी उन्होंने बताया कि इस निर्णय से राज्य सरकार पर एक सौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा

श्री मूणत ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वाहनों की भार क्षमता के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है श्री मूणत ने कल रायपुर में परिवहन विभाग के अधिकारियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बातें कहीं उन्होंने जिलेवार परिवहन कार्यालयों में प्राप्त राजस्व की जानकारी ली और इसमें वृद्धि के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए इसके अलावा श्री मूणत ने सभी अधिकारियों को वाहन दुर्घटना पर नियंत्रण और यातायात जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा

इसी कड़ी में बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर से बाईस किलोमीटर दूर ग्राम तारापुर में कृषक महिलाओं का समूह अपने बाड़ी में साग सब्जी लगाकर अतिरिक्त मुनाफा कमा रही हैं पेश है एक रिपोर्ट वाईस ओवर जगदलपुर से बाईस किलोमीटर दूर तारापुर गांव में कृषक महिलाओं को सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इस गांव में सैंतीस महिलाओं का समूह हैं इस समूह की महिलाएं साग सब्जी का उत्पादन करती हैं ये महिलाएं जगदलपुर के बाजार हरियर बस्तर सेंटर में इन सब्जियों को बेचकर आर्थिक रूप आत्मनिर्भर बन रही हैं स्व सहायता महिला समूह की सदस्य शांति नाग ने बताया कि पहले वे लोग एक ही फसल लेते थे लेकिन बाजार की सुविधा उपलब्ध होने के बाद अब वे मिश्रित खेती कर रहे हैं इससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है

उनका कहना है कि सब्जियों को पहले बिचौलियों को देना पड़ता था लेकिन अब नजदीक में बाजार होने से पांच पंचायतों से सब्जियां इकट्टा कर उसे हरियर बाजार में ले जाते हैं

हाथी आतंक कोरिया जिले के जनकपुर में बीती रात करीब पांच हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया हाथियों के इस दल ने नौ से ज्यादा घरों को तोड़ दिया वहीं भरतपुर तहसील मुख्यालय में तीन हाथी वन विभाग के लकड़ी डिपो में घुस गए जहां दो महिलाएं मौजूद थीं वन विभाग ने दोनों महिलाओं को डिपो से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया हाथियों का दल जिले के पतवाही के जंगल में विचरण कर रहा है वन विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से ग्रामीणों को सामुदायिक भवन में रखा है

इस अवसर पर आज भिलाई में आयोजित एक कार्यक्रम में बल के तीन सौ बारह जवानों ने अंगदान करने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह कल दुर्ग में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे साथ ही क्षेत्र में मोबाइल तिहार के तहत महिलाओं और विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन का वितरण भी करेंगे राजनांदगांव जिले के पांडेटोला गांव में डायरिया से एक महिला की मौत हो गई और करीब अट्ठारह अन्य लोग इससे पीड़ित बताए जाते हैं